यहां पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया हालाकि बाद में उन्हें रिहा भी कर दिया गया वहीं कांग्रेस को दामन छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायकों ने कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक को लिखे गए पत्रों में कहा है कि कांग्रेस के कुछ नेता बैंगलुरु पहुंचकर उन पर दबाव बनाने और ऐसा वातावरण बनाने आए हैं ताकि गलत बयानी की जा सके पत्र में इन विधायको ने कहा कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और कांग्रेस के नेताओं को उनसे मिलने की अनुमति नहीं दी जाए दूसरी ओर कांग्रेस विधायकों ने आज राजभवन के सामने मिंटो हॉल पर प्रदर्शन किया और राज्यपाल को कांग्रेस के बैंगलुरू में मौजूद विधायकों को वापस लाने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा प्रदेश में जारी सियासी संग्राम के बीच आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस विधायकों को बैंगलुरु में बंधक बनाए जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि विधायकों से मिलने से रोकने के लिए तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है

वहीं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भाजपा प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात की उन्होंने कांग्रेस सरकार द्वारा संवैधानिक पदों पर की जा रही नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से रद्द करने का अनुरोध किया है

मंदसौर जिले में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए मास्टर ट्रेनर नियुक्त किए गए है यह सभी मास्टर ट्रेनर्स गांव गांव जाकर लोगों को कोरोना वायरस के प्रति जागरूक करेंगे वहीं कटनी में स्वसहायता समूहों द्वारा मास्क और सेनेटाइजर बनाये जा रहे हैं

नये जिले मैहर चाचौड़ा और नागदा होंगे

सुको बहुमत राज्य की कांग्रेस सरकार को तुरन्त बहुमत साबित करने का निर्देश देने संबंधी याचिका पर सप्रीम कोर्ट में लंच के बाद फिर सुनवाई शुरू हो ंगई है यह याचिका पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पार्टी के नौ विधायकों की ओर से दायर की गई है